झारखंड में दस वर्षो में बहत्तर लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले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

राज्य सरकार वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए राज्य का बजट आज विधानसभा में पेश करेगी वित मंत्री रामेश्वर उरांव सदन में बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार का बजट काफी मेहनत और सोचविचार के बाद तैयार किया गया है इसे राज्य के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है इसमें झारखंड की बेहतरी के लिए कई चीजें शामिल की गई हैं झारखंड में दस वर्षो में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम हुई है कल विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दो हजार पांच छह से वर्ष दो हजार पन्द्रह सोलह के दौरान बहत्तर लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे वर्ष दो हजार पांच छह के दौरान बहुआयामी गरीबी दर चौहत्तर दशमलव सात फीसदी थी जो दो हजार पन्द्रह सोलह के दौरान घटकर छियालीस दशमलव पांच फीसदी रह गई है अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने में गरीबी से बाहर निकले लोगों की बड़ी भूमिका रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष आठ मार्च को मनाया जाता है इस संबंध में आकाशवाणी समाचार की ओर से अपने श्रोताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रोंमें उपलक्षियां प्राप्त करने वाली महिलाओं की कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं भारत में अन्य विकसित देशों की तुलना में सर्वाधिक संख्या में महिला वाणिज्यिक पायलट हैं

वहीं अड़तीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ हए हैं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख अद्वारह हजार चार सौ उनचास लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

केंद्र सरकार ने कहा कि देश में इस समय कोविड के मरीजों की संख्या कृल मरीजों की संख्या का एक दशमलव पांच एक प्रतिशत है

उन्होंने कहा कि पिछले दो सप्ताहों में नए मरीजों की दैनिक संख्या में मामूली बढोतरी हई है स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र तमिलनाड गुजरात और पंजाब में केंद्रीय टीमें भेजी हैं जो राज्य सरकारों को कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी रोकर्न में मदद कर रही हैं

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि नौ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण करवा चुके स्वाथ्यकर्मियों को या तो सौ प्रतिशत या नब्बे प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है इनमें गुजराततमिलनाडु लद्दाख कर्नाटक झारखंड और ओडिशा शामिल हैं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केंद्र ने कर्नाटक में एक मंत्री द्वारा टीकाकरण करने वालों को अपने घर पर बुलाए जाने के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है

टीकाकरण में आ रही तकनीकी समस्याओं बारे में श्री शर्मा ने कहा कि टीका लगवाने के इच्छुक लोगों को आरोग्य सेतु एप के जरिए सिर्फ कोविन पोर्टल पर ही नाम दर्ज कराना चाहिए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर मुलाकात का वक्त रद्द करने या नया वक्त लेने की सुविधा भी उपलब्ध है उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित केन्द्र पर टीका लग जाने के बाद उसे टीके की दूसरी खुराक उसी केन्द्र पर लेने के लिए तारीख उसी दिन मिल जाएगी राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए पचास हजार रूपये का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा यह अनुदान उन छात्रों को मिलेगा जिन्हें नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है इस संबध में महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विकास विभाग ने झारखंड राज्य दिव्यांग विकास निधि नियमावली दो हजार इककीस की अधिसूचना जारी की है अधिसूचना के अनुसार जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्रों और अन्य संस्थानों के माध्यम से मिलने वाले उपकरणों के अलावा किसी अन्य यंत्र के लिए दिव्यांगों को पन्द्रह हजार रूपये दिए जाएंगे इसके अलावा एकल लाभूक दिव्यांग को जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार गारन्टी योजना या किसी सामान्य उदेश्य वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो तो ऐसे लोगों को रोजगार सुजन के लिए पचास हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी दिव्यांग जनों के स्वंय सहायता समूहों को भी एक लाख रूपये देने का प्रावधान किया गया है धनबाद नगर निगम ने बैंक मोड़ और रांगाटांड़ पार्किंग स्टैंड की बंदोबस्ती की सूचना निकाली है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल विधानसभा में कहा कि हजारीबाग में हुई केरोसिन विस्फोट के मामलों की जांच हो रही है केरोसिन में मिलावट की आशंका जताई जा रही है केरोसिन को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है जांच में दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई की जाएगी केरोसिन विस्फोट की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को चार चार लाख रूपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है वहीं इससे पहले हजारीबाग सदर के विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में केरोसिन विस्फोट का मामला उठाया था उन्होंने इस मामले के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने और विस्फोट में घायल लोगों को सहायता देने की मांग की थी

बैठक के दौरान निदेशक सेना भर्ती कर्नल आईएस पटियाल ने पीपीटी के माध्यम से सेना बहाली की प्रक्रिया की जानकारी देते हए आयोजन स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा की जानेवाली व्यवस्था से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की उन्होंने पंडाल निर्माण बिजली व्यवस्था पेयजल शौचालय अग्निशमन और बहाली रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति समेत अन्य बिन्दुओं को लेकर विचार विमर्श किया राजधानी रांची में पिछले तीन चार दिनों से गर्मी बढ़ गई है रांची का अधिकतम तापमान मंगलवार को बत्तीस दशमलव पांच डिग्री दर्ज किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले तीन चार दिनों में गर्मी और बढ़ेगी अधिकतम तापमान चार से पांच डिग्री बढ़ सकता है आठ मार्च तक राजधानी रांची सहित झारखंड में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से संबधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने राज्य की आर्थिक स्थिति खराब फिर भी बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के लिए उठाए गए प्रभावी कदम खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है वहीं हिन्दुस्तान ने वित मंत्री डा रामेश्वर उरांव द्वारा विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को सुर्खी बनाई है

दैनिक भास्कर ने कोरोना टीकाकरण को लेकर निजी अस्पतालों में आधी रात को भी टीका खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है